राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगे

प्रदेश से कपिल तिवारी और भूरी बाई पद्मश्री के लिये नामांकित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर लोगों को बघाई और श्मकामनाएं दी हैं देशभर में गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह आयोजित किये जा रहे हैं मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजघानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय स्मारक पर राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे इसके साथ ही गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरूआत होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोर्विद द्वारा सलामी लेने के साथ परेड का शुभारंभ होगा कोरोना महामारी के कारण गणतंत्र दिवस की परेड का मार्ग कम कर दिया गया है गणतंत्र दिवस प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे

लोकरंग समारोह भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में आयोजित होगा जिसमें देशभर से विभिन्न संस्थाए भागीदारी करेंगी राष्ट्रपति संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है

श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाघाएं सामने आ सकती हैं लेकिन सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है उन्होंने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनन्दन करना चाहिए जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष हैं क्योंकि जिन्हें ये प्रदान किए जा रहे हैं उन्होंने कोरोना के कठिन समय में इसे अर्जित किया है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता आंदोलन जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियानों में बच्चों की भूमिका की सराहना की

इनमें इंदौर की पलक शर्मा और हरदा के अनुज जैन भी शामिल हैं

सात व्यक्तियों को पदम विमूषण से सम्मानित किया जाएगा दस व्यक्तियों को पदमभूषण के लिए चुना गया है इनमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन शामिल हैं उन्हें लोक सेवा श्रेणी के अंतर्गत यह सम्मान प्रदान किया जाएगा एक सौ दो व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है इनमें मध्य प्रदेश से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कपिल तिवारी और कला के क्षेत्र में भूरी बाई को पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रधानमंत्री जलवायु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जलवायु अनुकूलन आज पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और यह भारत के विकास प्रयासों का एक महत्वपूर्ण आयाम है वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जलवायु अनुकूलन सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमने खुद से यह वायदा किया है कि हम न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करेंगे बल्कि उससे आगे भी जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता के मूल्य हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्वक रहने की शिक्षा देते हैं हम न केवल पर्यावरण प्रद्षण को रोकेंगे बल्कि इसे विपरीत दिशा में भी मोडेंगे और हम न केवल नई क्षमताएं पैदा करेंगे बल्कि उन्हें विश्व कल्याण का वाहक भी बनाएंगे

भारत ने दो हजार तीस तक दो करोड़ साठ लाख हेक्टेयर विकृत भूमि को फिर से हरा भरा बनाने का लक्ष्य भी रखा है

वे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही प्रकाश कोल के निवास पर दोपहर का भोजन करेंगे

उन्होंने बमोरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भी दौरा किया